प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि दुनिया में बिना विज्ञान और तकनीक के तरक्की करने वाला कोई दश नहीं है उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को कई महान वैज्ञानिक दिये हैं आज शाम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोलकाता में पांचवें भारत अतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा वर्तमान विज्ञान से पूरी तरह प्रभावित है और भविष्य के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम मानव मूल्यों के साथ विज्ञान और तकनीक को लेकर आगे बढ़े उन्होंने कहा कि सरकार नवीनता और आविष्कार को बढ़ावा देने के लिये हर स्तर पर सहयोग कर रही है

हमारे संवाददाता ने बताया कि चार दिन के इस महोत्सव का उददेश्य विज्ञान और प्रौद्यागिकी के क्षेत्र में समावेशी विकास के लिये रणनीति तय करना है देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास का जश्न वैज्ञानिकों छात्रों और नवाचार करने वालों के साथ मनाने के लिये वर्ष दो हजार पन्द्रह से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इस वर्ष का विषय है राष्ट्रीय सशक्तिकरण के लिये अनुसंधान नवाचार और विज्ञान महोत्सव में देश विदेश के करीब बारह हजार विशेषज्ञ समारोह के दौरान अट्ठाईस विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे उच्चतम न्यायालय ने खतरनाक वायु प्रदूषण को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर रोक लगा दी है इसके साथ ही न्यायालय ने दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में कूड़ा करकट जलाने पर भी रोक लगा दी है उच्चतम न्यायालय ने सभी प्रकार के निर्माण करने और तोड़ फोड़ की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने जहरीले वायु प्रदूषण पर राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य सरकारें भविष्य में ऐसी स्थिति को रोकने के लिए तीन सप्ताह के भीतर कार्ययाजना तैयार करें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निर्माण और तोड़ फोड़ करने वालों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है आदेश में यह भी कहा गया है कि इस क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति कूड़ा और अपशिष्ट जलाते हुए पाया जाता है तो उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना किया जाना चाहिए न्यायमूर्ति अरुण मिश्र और दीपक गुप्ता की पीठ ने कल कहा कि किसी भी प्रकार की कोताही के लिए स्थानीय प्रशासन और क्षेत्रीय अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे सड़कों पर धूल के कारण प्रदूषण पर पीठ ने कहा कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा धुंध दिखाई दे वहां पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते प्रदूषण की स्थिति की आज समीक्षा की श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए पश्चिमी भारत के हिस्सों में चक्रवाती तूफान से उत्पन्न स्थिति की भी समीक्षा की उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए निर्देश जारी किया है मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक स्थिति यथावत बनी रहेगी और ब्यौरा हमारे संवाददाता सेश् प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए लखनऊ सहित कई नगर निगमों द्वारा पेड़ो पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है प्रदेश सरकार ने सब निर्माण कार्यो पर पहले ही रोक लगा दी है सरकार ने मंडलायुक्तों को प्रदूषण लेवल और कूड़े करकट को जलाने की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं साथ ही किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए कहा गया है उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष जेपीएस राठौर ने बताया कि एनसीआर क्षेत्र में सभी फैक्ट्रियों में जनरेटर का प्रयोग बंद करने के निर्देश दिए गए हैं एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि सरकार किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिये लगातार प्रयासरत है उन्होंने कहा कि जारी किये गये निर्देशों का पालन न करने पर अब तक एक सौ पच्चासी किसानों पर लगभग पौने पांच लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है वहीं एक सौ छाछठ किसानों के विरूद्व एफआईआर दर्ज की गई है

उधर कौशाम्बी जनपद में पराली जलाने पर आठ किसानों पर ढाई ढाई हजार रूपये का आर्थिक दण्ड लगाया गया है संतकबीरनगर में उपजिलाधिकारी धनघटा द्वारा पराली जलाने वाले चार किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है इस मामले में दो कम्बाइंड मशीनों को जब्त किया गया है हाथरस के हसायन ब्लॉक में भी पराली जलाये जाने की सूचना मिली है जिलाधिकारी ने जिले की चारों तहसीलों में पराली जलाने पर निगरानी के लिये टीमें गठित की है वहीं इस मामले में किसानों का कहना है कि वह अगली फसल के लिये देरी से बचने के लिये पराली जलाते हैं

इस मौके पर आयोजित परिचर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की सफलता में उनका बड़ा योगदान है आज पार्टी जिस स्थिति में पहुंची है इसके पीछे शाह की अचूक रणनीतियां व कड़ी मेहनत है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

जौनपुर में दो दिवसीय बदलापुर महोत्सव आज से श्रू हो गया है महोत्सव का उद्घाटन करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिये मिल जुलकर कार्य करने का आहवान किया है उन्होंने कहा कि देश के कई राज्य आज बुरी तरह से पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित है

उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रद्षण पर प्रभावी नियंत्रण के लिये सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाये रखे उन्होंने इस अवसर पर लोगों को खेतों में पराली न जलाने और जलसंरक्षण के स्रोतों को दूषित न करने की शपथ भी दिलाई इससे पूर्व श्री मौर्य ने बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में आज लगभग पचास करोड़ रूपये की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन कल्याणकारी योजनाओं ने जनता के विश्वास को जीता है उन्होंने कहा कि भाजपा के परिश्रमी और निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने पार्टी को जन जन के मन तक पहुंचाया है और यही कारण है कि पार्टी सभी चुनाव में विजय की नई इबारत लिख रही है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि विधान परिषद के स्नातक व शिक्षक क्षेत्र के निर्वाचन में पार्टो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी अयोध्या में प्रसिद्द कार्तिक पूर्णिमा मेले का प्रथम चरण चौदह कोसी परिक्रमा कड़े सुरक्षा के बीच आज सुबह शुरू हो गई यह परिक्रमा कल सुबह तक चलेगी इस अवसर पर बड़ी संख्या में सरयू स्नान के बाद श्रद्धालु रामजन्मभूमि कनक भवन हनुमानगढ़ी आदि मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं और वहीं नागेश्वरनाथ महादेव का अभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी हुई है जिला प्रशासन ने मेले में पंद्रह लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का दावा किया है एक रिपोर्ट गोपाष्टमी और अक्षय नवमी की संधि बेला होते ही लाखों श्रद्दालुओं ने अयोध्या की धूल माथे लगा चौदह कोसी परिक्रमा उठाई और देखते ही देखते बावन किलोमीटर लम्बा परिक्रमा मार्ग श्रद्धालुओं से भर गया द्य सम्पूर्ण परिक्रमा मार्ग पर धार्मिक जयघोष महिलाओं के परम्परागत गीत और संत महंत साधुओं के भजन कीर्तन लगातार गुंजायमान हो रहे हैं नंगे पाँव श्रद्दालुओं के बीच संतों की टोलियां परिक्रमार्थियों को उर्जा प्रदान कर रहीं हैं तो धार्मिक आस्था की डगर में महिलाओं बच्चों के साथ साथ वयोवृद्ध भी शामिल हैं स्वयंसेवी संगठनों ने जगह जगह शिविर लगाये हैं और प्रशासन क्लोस सर्किट टी वी के माध्यम से सम्पूर्ण मेला क्षेत्र पर नजर रखे हुए है राजेंद्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या